मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से जीएसटी और सीजीएसटी का हिस्सा नहीं मिल रहा है

श्री गहलोत ने कहा कि मिलावट सबके सामने एक चुनौती है और इसे किसी भी कीमत पर रोका जायेगा उन्होंने कहा कि ईस्टर्न कैनाल सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है इससे पहले प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हई चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि सरकार ने दस दिन में किसानों के ऋण माफ करने का वादा किया लेकिन किसान आज भी संपूर्ण कर्जमाफी का इंतजार कर रहे हैं उन्होंने कहा कि प्रदेष में अपराधों में निरन्तर बढोतरी हई है और महिला तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के खिलाफ भी अपराध बढे हैं श्री कटारिया ने कहा कि सरकार को अपने वादे के अनुसार प्रदेष में काम कर रहे संविदाकर्मियों को नियमित करना चाहिए था लेकिन इस दिषा में कोई कार्यवाही नहीं हुई है राज्य विधानसभा में आज कम्पाउंडर भर्ती प्रकिया में आर्थिक कमजोर वर्ग को आरक्षण देने का मुद्दा उठाया गया

इस बीच योग्यता सूची तैयार की गयी जिसमें आर्थिक कमजोर वर्ग को वंचित कर दिया गया ै उन्होंने कहा कि राज्य में आर्थिक कमजोर वर्ग को आरक्षण देने के बाद इस भर्ती में भी उसका लाभ मिलना चाहिए तथा योग्यता सूची दुबारा तैयार की जानी चाहिए विधानसभा में आज कोटा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सेवाएं शुरू करने का मामला उठाया गया

इस अभियान के तहत पर्यटन क्षेत्रों को भी विकसित किया जा रहा है ताकि घरेलू तथा विदेशी पर्यटक उस क्षेत्र विशेष की ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहरों से परिचित हो सकें इस कड़ी में केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख में पर्यटन की अनेक योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है

जाने माने ट्र ऑपरेटर अनिल राजपूत ने आकाशवाणी को बताया कि बामियान के बाद बुद्ध की पांच सबसे विशालकाय और ऊंची प्रतिमाएं करगिल में ही हैं

राजनीतिक दलों को फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म तथा एक स्थानीय भाषा और एक राष्ट्रीय अखबार में भी यह ब्यौरा प्रकाशित कराने का निर्देश दिया गया है

इसका उद्देश्य जनता और मीडिया में रेडियो के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है इस वर्ष के रेडियो दिवस का मुख्य विषय है रेडियो और विविधता भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि ने कहा है कि देश के अनेक भागों में अब भी लोग सूचना के बुनियादी स्रोत के रूप में रेडियो पर निर्भर हैं

श्री मोदी ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार भेजने को कहा है

खेल मंत्री किरेन रीजीजू ने आज नई दिल्ली में ये घोषणा की उन्होंने बताया कि मार्च में इस तरह की प्रतियोगिता जम्मू कश्मीर में होगी खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की दोनों प्रतियोगिताओं का खर्चा खेल मंत्रालय उठाएगा